शीर्ष न्यायालय ने ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर केन्द्र और राज्यों को नोटिस जारी किया प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग सत्तर हजार हुई

बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेंगे टीके

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोरोना के बढ़ते मामलों और संक्रमण की गम्भीर स्थिति को देखते हुये उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है न्यायालय ने मरीजों को ऑक्सीजन जरूरी दवाएं कोरोना टीकाकरण के तौर तरीके और लॉकडाउन लागू करने के अधिकार पर केन्द्र सरकार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है न्यायालय ने देश में कोविड उन्नीस संबंधित स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल करार दिया है मुख्य न्यायधीश एस ए बोबड़े की पीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुये कोन्द्र सरकार से पूछा है कि कोविड नाईनटीन के निपटने के लिए क्या राष्ट्रीय योजना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे इस बैठक के बाद वे अधिक संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री दिन में देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉफ्रेंस के जरिए समीक्षा करेंगे वे इस दौरान ऑक्सीजन उत्पादन और आपूर्ति की स्थिति का जायजा लेंगे अठारह वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम अठाईस अप्रैल से शुरू होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बिना पंजीकरण के टीका नहीं दिया जायेगा गौरतलब है कि देश भर में एक मई से अठारह वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जायेगा सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण करा सकते हैं इधर राज्य सरकार ने कहा है कि एक मई से अठारह वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण को लेकर टीका केंद्र की संख्या बढ़ाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का आकलन किया जा रहा है जनगणना के आधार पर बिहार में अठारह से चौवालीस वर्ष के लगभग पांच करोड़ संतावन लाख व्यक्तियों को टीका देने का आकलन किया गया है एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल ने आकाशवाणी से बातचीत में सभी पात्र लोगों से कोविड टीका लेने की अपील की है बाईट जैसे जैसे केसेज बढ़ रहे हैं हमलोगों को समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि वैक्सीन आपकी जान बचा सकता है अगर डरने की जरूरत है आप इस बीमारी से डरिए वैक्सीन से नहीं वैक्सीन सेफ और काफी इफेक्टिव है समझने की जरूरत है कि वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है अगर बाइचांस आपको वैक्सीन लेने के बाद इनेफेक्शन हो भी गया तो किसी भी सीवियर बीमारी में कन्वर्ट होने से आपके जो बीमारियां इतने डेवलप न हो कि आपको वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत पड़े इन सब चीजों से बचाने में आपकी मदद करता है राज्य में अब तक तिरसठ लाख बासठ हजार एक सौ इक्यावन लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान छियासी हजार छह सौ नौ लोगों को टीका लगाया गया इनमें संतावन हजार नौ सौ अंठानवे लोगों को पहली डोज जबकि अट्ठाईस हजार छह सौ ग्यारह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक तेरह करोड़ तिरपन लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित उछाल देखा जा रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह हजार चार सौ नवासी नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर उनहत्तर हजार आठ सौ अड़सठ हो गई है वहीं पिछले दिनों की तुलना में संक्रमण के मामलों में मामूली गिरावट आयी है सबसे अधिक पटना जिले से दो हजार छह सौ तैंतालीस नये मामले सामने आये हैं गया से नौ सौ पैंतालीस मुजफ्फरपुर से छह सौ दो बेगूसराय से पांच सौ तीस औरंगाबाद से चार सौ अंठानवे सारण से चौर सौ इकतालीस भागलपुर से तीन सौ सतासी पूर्णिया से तीन सौ चौवन पश्चिम चंपारण से तीन सौ अड़तालीस और नालंदा से तीन सौ नौ व्यक्ति महामारी की चपेट में आए हैं इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में उनसठ लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार नौ सौ छप्पन हो गया है वहीं इसी अवधि में पांच हजार तीन सौ आठ लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी संक्रमण के नये मामलों के मिलने के कारण स्वस्थ होने की दर में लगातार गिरावट आ रही है स्वस्थ होने की दर घटकर अस्सी दशमलव तीन छह प्रतिशत है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् आईसीएमआर के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि चाहे कोरोना का पुराना रूप हो या नया यह एक ही तरह से फैलता है बाईट हमें यह समझना चाहिए कि ये जो नये स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो ये फैलने के तारीका एक ही रखा है तो फैलने का तारीका एक ही है मतलब छीखते समय खांसी के समय बात करते समय ओ जो जल बिन्दु जो लिकालते है संक्रमित व्यक्ति से और दुसरे व्यक्ति की तरफ फैल जाते हैं क्योंकि उसी का अंदर ओ कोस और वायरस पाये जाते हैं केन्द्र सरकार ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अगले महीने की पच्चीस तारीख तक उसे कोविड वैक्सीन का अपना सारा उत्पादन देने का कोई अनुबंध नहीं किया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस कथित अनुबंध के बारे में आ रही खबरें निराधार हैं मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारें टीकाकरण नीति और उदार कीमतों के अनुरुप निर्माताओं से वैक्सीन की खरीद करने के लिए स्वतंत्र हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर कोई रोक न लगायें परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश देने को भी कहा गया है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति दें गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन सप्लाई की आपूर्ति को सुचारू बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी तय कर दी है कोरोना संक्रमित राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की बाधा आने की स्थिति में इन अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंध कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है सप्लाई में बाधा होने की उपस्थिति में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किये जाने के प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है राज्य सरकार प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में काम कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले साल भी सरकार की ओर से यह व्यवस्था दी गयी थी इस बार भी यह व्यवस्था लागू रहेगी इसके अलावा यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु कोविड संक्रमण से होने पर उनके परिवार को सेवानिवृत्ति तक वेतन दिया जायेगा इधर प्रदेश में रेमडेसिविर दवा की मांग को देखते हुये केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमितों को दिये जाने वाले रेमडेसिविर के चौबीस हजार छह सौ चार वॉयल आवंटित कर दिये है स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन का जो संकट उत्पन्न हुआ था वह करीब करीब कम होने लगा है उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना और सौ ट्रूनेट मशीन की खरीद का निर्णय लिया है राज्य में कोविड संबंधी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर एक शून्य सात शून्य रिपीट एक शून्य सात शून्य काम करने लगा है केन्द्र सरकार ने बैंक और बीमा कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्र ने बताया कि गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी राज्यों के बैंकर्स कमिटी को पत्र जारी करते हुये बैंक और बीमा कर्मियों को कोरोना योद्धा माना है इन सभी का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जायेगा कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पटना के सभी निचली अदालतों में एक मई तक न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया गया है अब इस अवधि में केवल रिमांड संबंधित कार्य होंगे प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र पांडेय ने विज्ञप्ति जारी कर सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से कोरोना दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे गौरतलब है कि हाल ही में पटना न्यायमंडल के छियासठ न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी का पटना में निधन हो गया वे लंबे समय से लिवर और किडनी के बीमारी से ग्रस्त थीं वे गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुई थी केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा से कोविड मरीजों के कैशलेस उपचार के दावों की समय से स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा है कुछ अस्पतालों द्वारा कैशलेस बीमा मना करने की खबरों पर वित्त मंत्री ने इरडा के अध्यक्ष एससी खूंटिया से बात की ट्वीट कर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में कोविड को समग्र स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया था कैशलेस सेवा नेटवर्क अस्पतालों के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों में भी उपलब्ध है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि बीमा कंपनियों ने अब तक आठ हजार छह सौ बयालीस करोड़ रूपए के नौ लाख से अधिक कोविड से जुड़े दावों का निपटान किया है उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर परामर्श को भी इसमें लाया जा सकता है वित्त मंत्री ने कहा कि इरडा बीमा कंपनियों को निर्देश देगा कि वे कोविड मामलों की स्वीकृति और निपटान प्राथमिकता के आधार पर करे केन्द्रीय चयन पर्षद ने सात मई से आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है सुपौल जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के लगातार अप्रत्याशित वृद्धि के कारण सुपौल नगर परिषद वीरपुर और निर्मली नगर निकायों में पन्द्रह मई के बीच प्रत्येक शनिवार और रविवार को सभी प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है प्रदेश में पूरबा हवा चलने और पिछले चौबीस घंटों के दौरान अधिकतर क्षेत्रों में हई बारिश से अधिकतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में चक्रवाती हवा के प्रभाव के कारण गरज के साथ बारिश की सम्भावना है सीतामढ़ी जिले के पूर्व सांसद और राजद नेता अर्जून राय कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं सोशल मीडिया के जरिये श्री राय ने अपने सम्पर्क में आये लोगों को कोरोना जांच कराने की अपील की है पटना के एनएमसीएच में मदर और चाइल्ड केयर शाखा में इलाजरत एक महिला की मृत्यु से आक्रोशित परिजनों ने वहां जमकर तोड़फोड़ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हाथापाई की इस घटना के विरोध में सुरक्षा की मांग को लेकर देर रात से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र दो हजार इक्कीस बाईस से परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है अब कक्षा नौवीं से बारहवीं के वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में बदलाव किया जायेगा बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जायेंगे रचनात्मक सोच के लिए वास्तविक जीवन से जुड़े हुये प्रश्नों को प्राथमिकता दी जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन की किल्लत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये हिन्दुस्तान अखबार लिखता है प्रधानमंत्री ने कहा निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जाए दैनिक जागरण की सुर्खी है आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट मिलने में लग रहे छह से सात दिन तीन दिन में राज्य में मिले चौंतीस हजार से ज्यादा मामले दैनिक भास्कर ने कोरोना से लड़ने के लिए सरकार के फैसले को अपनी पहली लीड बनाते हुये लिखा है सभी जिलों में सौ से पांच सौ बेड के अस्थाई कोरोना अस्पताल बनेंगे प्रभात खबर का शीर्षक है कोरोना और ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोन्द्र सरकार से मांगी राष्ट्रीय योजना आज अखबार की सुर्खी है भारत ने तोड़ा कोरोना का वर्ल्ड रिकॉर्ड तीन लाख चौदह हजार नये केस अमेरिका को पछाड़ा

शीर्ष न्यायालय ने ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की कमी को लेकर केन्द्र और राज्यों को नोटिस जारी किया प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग सत्तर हजार हुई

बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं लगेंगे टीके